पार्टी ने इसे दृष्टिपत्र का नाम दिया है प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक प्रेसवार्ता में केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली इस दृष्टिपत्र को जारी करेंगे इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केन्द्रीय मंत्री और चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेन्द्र सिंह तोमर केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह प्रदेश संगठन प्रभारी और सांसद डॉ विनय सहस्त्रबुद्वे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा और दृष्टिपत्र समिति के संयोजक विक्रम वर्मा मौजूद रहेंगे पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा अपने दृष्टिपत्र में लघ् और सीमांत किसानों के लिए नई योजना का वादा कर सकती है

पार्टी सूत्रों के मुताबिक दृष्टिपत्र में भाजपा पहली बार महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी करेगी

अब प्रदेश की पहचान बदलकर एक विकसित राज्य की हो गई है अब एमपी का मतलब है मैक्जिमम प्रोग्रेस

उन्होंने फिर एकबार दोहराया की भाजपा का मंत्र है विकास और केवल विकास इसके पहले शहडोल में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि प्रदेश का भविष्य चुनने के लिये मतदान करना आवश्यक है राहल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल सागर जिले के देवरी में एक आम सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहले युवाओं को रोजगार देने के लिये काम करेंगे उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले खाली पड़े सभी सरकारी पदों को भरेंगे श्री गांधी ने बताया कि एक लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं उन्होंने किसानों महिलाओं तथा समाज के अन्य सभी वर्गों के कल्याण के लिये काम करने का वादा किया श्री गांधी ने कहा कि मध्यप्रदेश में दो साल में बेराजगारी दोग्नी हो गई है और युवाओं में आत्महत्या का आंकड़ा दो हजार फीसदी तक बढ़ गया है लेकिन भाजपा सरकार ऐसे मामलों पर चुप्पी साधे हुए है चुनाव दौरे प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे के एक दिन बाद आज भी दोनों ही दलों के स्टार प्रचारक पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए दिखाई देंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नीमच मंदसौर शाजापुर और सीहोर जिले की विभिन्न विधानसभाओं में पहॅचकर जनसभाओं को संबोधित करेंगे वहीं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह आज बालाघाट जिले की बैहर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आज कटनी जिले की बहोरीबंद जबलपुर पनागर लखनादौन में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे वहीं नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह विन्ध्य क्षेत्र की मैहर बांधवगढ़ नागौद रैगॉव चित्रकुट और रामपुर बघेलान विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में रैलियां करेंगे

इसकी अवहेलना करने पर दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों दिये जा सकेंगे आयोग को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान टीव्ही चैनलों द्वारा प्रसारित किये जाने वाले पैनल परिचर्चाओं वाद विवाद तथा अन्य समाचारों और ताजा स्थिति पर आधारित कार्यक्रमों में अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं

यह सोना दो व्यक्तियों के पास से जांच के दौरान मिला जिसकी कीमत एक करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है

बताया जा रहा है कि ये दोनों इन्दौर बान्द्रा स्पेशल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे उसी दौरान जांच दल ने इन्हें पकड़ा बताया जा रहा है कि अभी तक जब्त किया गया सोना और नकदी संबंधी दस्तावेज नहीं मिले हैं इन्दौर विमान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के देवी अहिल्या बाई होलकर विमानतल पर राजनेताओं के निजी विमानों का आवागमन बढ़ गया है जिस पर निर्वाचन आयोग नजर रखे हुये है

राजनेताओं के आने जाने पर उन्हें लेने आने वालों से पहले आवेदन लिया जाता हैं न्यूनतम लोगों को ही इस दौरान प्रवेश दिया जा रहा है इंदौर जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने पर विमानतल पर आने जाने वाले राजनेताओं की जानकारी संधारित की जा रही है एक विशेष टीम विमानतल पर निगरानी रख रही है मैराथन विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रदेश में इन दिनों कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इसी के तहत आज भोपाल में मैराथन दौड़ रन फॉर डेमोकेसी का आयोजन किया जा रहा है शहर के टीटीनगर स्टेडियम से सुबह साढ़े छह बजे ये दौड़ शुरू हुई जिसमें बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए इस दौरान प्रतिभागियों ने विशेष टी शर्ट पहनी हुई हैं जिनपर रन फॉर डेमोकेसी और जिद करो वोट करो लिखा हुआ है राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को कल राजभवन में पढ़े भोपाल कार्यक्रम के लिए विश्व बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड अवार्ड दिया गया वर्ल्ड बुक आफ रिकार्ड समिति के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को प्रमाण पत्र भेंट किया राज्यपाल ने भोपालवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो काम दृढ़ इच्छा शक्ति समन्वय और विश्वास के साथ किये जाते हैं उनमें सफलता अवश्य मिलती है इसी भावना के साथ अगर हम देश और समाज की सेवा में लगे रहें तो अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं उन्होंने कहा कि इस सफलता और आम लोगों की इसमें रूचि को देखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि एक समिति बनाई जायेगी जो इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के बारे में सुझाव देगी श्रीमती पटेल ने कहा कि बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है आवश्यकता उन्हें अवसर प्रदान करने की है

खेल संचालक डॉ एसएल थाउसेन ने मनदीप कौर को इस जीत के लिये बधाई दी है